चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को देखते हुये राज्य सरकार को तीन वर्षो से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया है मूख्य चूनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और राज्य के आलाधिकारियों के बीच कल पटना में हुई उच्चस्तरीय बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव समपन्न कराने को लेकर कई निर्देश दिये गये बैठक में इकतीस मई दो हजार सत्रह से वर्तमान पदस्थापना स्थल पर तैनात अधिकारियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने को कहा गया साथ ही अपने गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों के तबादले का भी निर्देश दिया गया चुनाव में शराब और धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने को कहा गया उत्पाद विभाग के साथ साथ रेलवे और एयरपोर्ट अथोरिटी से भी इन मामलों पर नजर रखने को कहा गया है प्रलिस महानिदेशक को चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त रखने के लिए हर संभव उपाय करने के भी निर्देश दिये गये चुनाव आयोग की टीम आज सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी इसके बाद टीम का राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक का कार्यक्रम है कैमूर जिले के सिलौंधा और कटराकलां गांव के किसानों के बीच कल यूरिया खरीदने को लेकर तीस राउंड फायरिंग हुई इस घटना में नौ किसान घायल हो गये जिनमें एक को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है खाद की किल्लत से किसानों में मची आपाधापी के कारण कटराकलां के बिस्कोमान वितरण केन्द्र पर पहले खाद लेने की होड़ में गोलीबारी होने की खबर है हालांकि जिलाधिकारी नवल किशोर ने कहा है कि दोनों गांवों में पहले से ही विवाद चल रहा था जिस कारण गोलीबारी की घटना हुई उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी हैं श्री किशोर ने कहा कि प्रखंड के सभी खाद दुकानों पर अधिकारियों की मौजूदगी में खाद वितरण करवाया जा रहा है इधर सारण के गड़खा में यूरिया नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने बिस्कोमान सेवा केन्द्र के बाहर प्रदर्शन किया केन्द्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और एजेंसी के तीन अन्य अधिकारियों को हटा दिया है अपदस्थ सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना द्वारा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद सरकार ने पहले ही अस्थाना को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया था तीन अन्य अधिकारियों में एजेंसी में संयुक्त निदेशक अरुण कुमार शर्मा उपमहानिरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा और आरक्षी अधीक्षक जयंत जे नायकनावरे शामिल हैं कुलाधिपति सह राज्यपाल लालजी टंडन ने सभी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपतियों और परीक्ष नियंत्रकों को स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम हर हाल में सात फरवरी तक जारी करने का निर्देश दिया है राजभवन में आयोजित बैठक में श्री टंडन ने विश्वविद्यालय अधिकारियों को अकादमिक और परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान ग्यारह फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा वहीं बारह फरवरी को राज्य का पूर्ण बजट पेश होगा श्री मोदी पटना में बजट पूर्व बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को तेरहवें वित्त आयोग के मुकाबले चार गुना अधिक राशि उपलब्ध कराई है श्री मोदी ने कहा कि आयोग द्वारा पिछले चार वर्षो में एक हजार आठ सौ सतावन करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने पन्द्रहवें वित्त आयोग से जिला परिषद और पंचायत समितियों को राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य के जिला अस्पतालों में दो महीने के अन्दर गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलने लगेगी श्री पांडेय पटना में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में प्रतिदिन बारह हजार लोगों को गोल्डेन कार्ड दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पांच सौ चालीस सरकारी और साठ निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है इधर पटना के आईजीआईएमएस में इस योजना के तहत पहली बार दो मरीजों का हृदय संबंधी ऑपरेशन किया गया एक मरीज की बायपास सर्जरी की गयी जबकि द्रसरे मरीज के दिल में छेद का ऑपरेशन से उपचार किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह कल पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी स्थित मठ बनवारी में मदर डेयरी के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलिप रथ ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस संयंत्र के स्थापना से स्थानीय दूध उत्पादक और किसानों को काफी लाभ होगा जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कर चोरी के मामले में पटना के बोरिंग रोड स्थित एक निजी कम्पनी पर ढ़ाई करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है जांच टीम ने तत्काल दो करोड़ दस लाख रूपये की वसूली की और शेष राशि जमा करने के लिए कम्पनी को एक सप्ताह का समय दिया है बेनामी सम्पत्ति मामले में पटना स्थित अवामी सहकारिता बैंक के सचिव और राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के पुत्र अरशद अहमद की अवैध सम्पत्ति जब्त की गयी है आयकर विभाग की जांच में सत्ताईस अन्य बैंक खातों का भी पता चला है जिसमें नोटबंदी के दौरान लाखों रूपये जमा कराये गये थे मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने बालिका गृह यौन शोषण कांड में जेल में बंद महिला आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी नहीं कराने के मामले में पटना के बेऊर कारा के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कल इन सभी आरोपियों की पेशी होनी थी सीतामढ़ी जिले के रीगा स्टेशन पर देर रात बम विस्फोट की आशंका के बाद अफरा तफरी मच गयी जिस कारण लगभग एक घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि प्लेटफॉर्म से दो केन बम जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गयी हैं इसे जांच के लिए भेजा गया है पिछले दिनों सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर भी बम की अफवाह होने के बाद रेल परिचालन घंटो बाधित रहा था कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के चिलरापाड़ा गांव के पास मिट्टी गिरने से तीन बच्चों की दबकर मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि तीनों बच्चे सड़क किनारे ख़ुदाई किये गये गड्डे में खेल रहे थे तभी मिट्टी का बड़ा हिस्सा गिर जाने के कारण यह हादसा हुआ नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ गांव से पुलिस ने एक युवक को सात हजार आठ सौ रूपये के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया है बरामद नोट एक सौ दो सौ और पचास रूपये मूल्य वर्ग के हैं पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के सुंदरापुर मलाही टोला बांध पर अपराधियों ने एक निजी फायनांस कंपनी के कर्मचारियों से सत्तर हजार रूपये लूट लिये कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सिसौढ़ा गांव के पास से पुलिस ने एक कार से लगभग उन्नीस सौ बोतल विदेशी शराब बरामद की है मौसम विभाग ने आज से न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री बढ़ोतरी की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की जायेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश का औसत तापमान सामान्य से एक डिग्री कम रहा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव आयोग की टीम के पटना दौरे से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है मुख्य चुनाव आयुक्त संग दो दिनी दौरे पर पटना पहुंची आयोग की टीम दिये कई दिशा निर्देश दैनिक जागरण ने लिखा है तीन वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात अफसर बदलेंगे आज ने इसी खबर को शीर्षक दिया है राजद सीपीआई ने मांगा बैलेट पेपर इसके अलावा पटना में जिंदा मछलियों की बिक्री पर लगी रोक हटाने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर ने लिखा है तीन दिन में ही पटना में जिंदा मछली की बिक्री पर रोक हटी प्रभात खबर की लिखता है सीबीआई ने पटना के दो आश्रय गृहों पर दर्ज की एफआईआर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद